राज्यपाल राम नाईक ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का आगे बढ़ना नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दसवीं मोहर्रम आज प्रदेश भर में दफ्न किए जा रहे हैं ताजिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल अचानक मौसम में आया बदलाव कई जिलों में धूलमरी आंधी के साथ हुई हल्की से मध्यम बारिश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत वर्ष दो हजार बाईस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एक्सपो सेंटर के शिलान्यास समारोह में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मूल आघार मजबूत हैं और विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में दस दस खरब डॉलर का योगदान करेंगे श्री मोदी ने कहा वो अर्थव्यवस्था जो आठ प्रतिशत से अधिक की गति से विकास कर रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अप्रैल दो हजार अट्ठारह के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार छबीस खरब डॉलर के साथ भारत दुनिया की छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आठ प्रतिशत की आर्थिक वृद्दि दर से विकसित होगी और सुचना प्रौद्योगिकी तथा खुदरा कारोबार क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि देश पिछले चार साल के दौरान समग्र विकास का प्रत्यक्षदर्शी बना है यह इसलिए संमव हुआ है कि सरकार ने देशहित को सर्वोपरि रखा है उन्होंने कहा कि पुराने संसाधनों का देशहित में इस्तेमाल किया गया है और उन्हें सही दिशा दी गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ईमानदार और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की है देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों का विलय करने के सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार राष्ट्रहित में कड़े फैसले लेने में नहीं हिचकेगी श्री मोदी ने कहा लेकिन बीते पचास महीने इसके गवाह हैं कि एनडीए की यह राष्ट्र सरकार राष्ट्र हित में लिए जाने वाले कठिन फैसले लेने में कमी पीछे नहीं रहती जो वर्षों से लटके फैसले थे उनको पूरी शक्ति के साथ जमीन पर उतारा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में देशमर से आई नबे आशा कार्यकर्ताओं के समूह से मुलाकात की श्री मोदी ने सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री ने उनकी दक्षता और समर्पण की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि कालाजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन में उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स भी कर चुके है आशा कार्यकत्रियों ने हाल ही में अपने पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने और बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा भी उपस्थित थे केन्द्रीय रूर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा केन्द्र सरकार की कोई भी योजना तमी सफल होगी जब वह उत्तर प्रदेश में सफल होगी कल प्रदेश के ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्युतीकरण की दिशा में जो कार्य किया गया है वह प्रशंसनीय है श्री सिंह ने कहा कि सौमाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अमी तक चौवन लाख घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये गये है तथा प्रदेश में प्रतिदिन बयालिस हजार घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य हर घर को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराना है जिसके लिए जरूरी है कि विद्युत चोरी पर रोक लगायी जाये श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है तथा अभी गांव में सत्रह से अट्ठारह घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई जा रही है क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया जाएगा एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजवाहक और भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा तथा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा सहित बीस खिलाड़ियों को अर्जुन प्रस्कार प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है यह समाज के लिये श्म संकेत है और यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि उन्हें शॉर्टकट से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए कलाधिपति और राज्यपाल श्री नाईक कल बन्देलखंड विश्वविद्यालय के तेईसवें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार बुन्देलखंड के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है

समारोह में इस वर्ष पचपन हजार दो सौ तिहत्तर छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी है बढ़ी दरें अगले महीने से लागू होंगी एक से तीन वर्ष की लघ बचत जमा पर तीस आधार अंक तक की वृद्वि की गई है पांच वर्ष की लघ बचत जमा पर ब्याज दर में चालिस आधार अंक तक की वृद्वि की गई है पांच वर्ष की आवर्ती जमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर भी चालिस आधार अंक तक वृद्वि की गई है पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा मोहर्रम की दसवीं तारीख पर आज प्रदेश भर में ताजिए सुपर्द ए खाक किए जा रहे हैं कल मोहर्रम के नौवें दिन विभिन्न स्थानों पर इमामबाड़ो में देर रात तक मजलिसो के आयोजन किए गये इन मजलिसों में हजरत इमाम हसैन के बारे में जानकारी दी गयी देर शाम प्रदेश के विभिन्न शहरो नगरो और कस्बों में ताजिया जुलूस निकाले गये लोगों ने जगह जगह इन जुलुसो का स्वागत किया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया

इस योजना के तहत बेरोजगारी के दौरान और नया रोजगार मिलने तक राहत राशि सीधे वीमित व्यक्ति के खाते में मेज दी जाएगी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया जौनपुर वाराणसी चन्दौली मिर्जापुर भदोही मऊ आजमगढ़ सोनमद्र फैजाबाद क्शीनगर और बलिया सहित कई जिलों में धूलमरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई किसानों ने धान की फसल के लिए इस वर्षा को लाभदायक बताया है मौसम विमाग ने चौबीस से छब्बीस सितम्बर के बीच प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर लखनऊ में धूलमरी आंधी के साथ भारी बारिश होने की संमावना जताई है मौसम विमाग के अनुसार लखनऊ सहित सहारनपुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद बरेली बदायूं बुलन्दशहर मेरठ अलीगढ़ और कासगंज में तेज बारिश होने का अनुमान है